राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई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

इसे लेकर प्रदेश के खिलौना उद्योग से जुड़े सभी छोटे बड़े व्यवसायियों में उत्साह देखा जा रहा है राजसमंद के राजेन्द्र कृम्हार का कहना है कि इस आयोजन से मिट्टी के खिलौने बनाने वाले स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा और नया रोजगार भी मिलेगा

इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पूरे भारत में विद्युतीकरण करने के लिए लाइनें बिछाने का काम और तेजी से किया जाएगा कार्यकम के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी सोगात मिली है इससे दूरियां कम होगी और तेज गति से चलने वाली ट्रेनों की सौगात मिलेगी

कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि गांवों के विकास के लिए केन्द्र सरकार लगातार विभिन्न योजनओं के माध्यम से प्रयास कर रही है

शव यात्रा के दौरान निवारु रोड के बाजार भी शहादत को सम्मान देने के लिए बंद रखे गए

वे पिछले करीब आठ वर्षों से जयप्र में अपने परिवार के साथ रह रहे थे

जिले में पिछले कुछ महीनों से समाज में कई मुद्दों पर जागृति लाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं इसी से प्रेरित होकर इन पांच लोगों ने ये निर्णय किया है